झामुमो विधायक नलिन सोरेन को मिला उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मुख्यमंत्री ने कहा झारखण्ड की आंतरिक व्यवस्था को अवसर में बेदलना है इसके लिए सुंदर अनुशासित और शांतिप्रिय व्यवस्था स्थापित करनी होगी झारखंड बिहार सीमा पर स्थित गया जिले के धनगांव थाना क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड़ में दस लाख का इनामी माओवादी जोनल कमांडर मारा गया साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था नीलांबर ने सामाजिक योगदान के लिए निनाद सम्मान झारखण्ड आदिवासी आंदोलन से जुड़े गायक गीतकार मधु मंसूरी हंसमुख को देने की घोषणा की है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

राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने समारोह का उदघाटन करते हुए कहा कि आज हम सभी के लिए उपलब्धियों पर खुशी और कमियों पर मंथन करने का समय है उन्होंने कहा कि विधानसभा से लोगों की अपेक्षाएं हैं जनता विकास कार्यों की समीक्षा करती है

राज्यपाल ने कहा कि हमें दलगत भावना से उपर उठकर कार्य करने की जरूरत है जनता अपने जनप्रतिनिधि का चयन अपेक्षाओं के साथ करती है उन्होंने कहा कि विकास के लिए विधानमंडल को जिम्मेदार माना जाता है यह याद रखना चाहिए इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज उल्लास का दिन है झारखण्ड ने लंबा सफर तय किया है इस दौरान कई उतार चढ़ाव हमने देखा है कई चुनौतियों को स्वीकारा है जिसका गवाह झारखण्ड विधानसभा बना

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखण्ड अपने अंदर नव ऊर्जा समाहित कर आगे बढ़ रहा है इस राज्य की चुनौतियों को खत्म करने के लिए यह ऊर्जा कारगर साबित होगी उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर संसाधन मौजूद हैं जिसके बल पर झारखण्ड को विश्व स्तर पर पहचान दी जा सकती है उन्होंने कहा कि झारखण्ड की आंतरिक व्यवस्था को अवसर में बदलने का मौका है इसके लिए सुंदर अनुशासित और शांतिप्रिय व्यवस्था स्थापित करनी होगी तभी लोगों का आकर्षण राज्य की ओर बढ़ेगा और हम जो सपना देखते हैं वह पूर्ण भी होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर समाज की परिकल्पना कानून थोप कर नहीं की जा सकती मुख्यमंत्री ने कोरोना को लेकर किये जा रहे सरकार के प्रयासों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि हम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं विगत एक वर्ष से कार्यपालिका और विधायिका के सहयोग से हम महामारी के बीच सफलता से आगे बढ़ रहे हैं उन्होंने कहा कि झारखण्ड पूरे देश के लिए उदाहरण बना कोई भय नहीं फैला न भूख से किसी की मौत हई कई राज्यों की स्थिति भयावह हो चुकी है इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रवीन्द्र कुमार महतो ने कहा कि यह अवसर है आकलन करने का कि विधानसभा के मापदंडों और आदर्शो को जीवंत रखने में हम कितने सफल हो सके सर्वोच्च पंचायत के रूप में विधानसभा ने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट विधायक और विधानसभाकर्मियों को सम्मानित किया गया उत्कृष्ट विधायक के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक नलिन सोरेन को सम्मानित किया गया

इस दौरान मैट्रिक टॉपर मनीष कमार कटियार इंटरमीडिएट विज्ञान टॉपर अमित कमार इंटरमीडिएट वाणिज्य टॉपर श्भम कुमार ठाकुर और रूपा कुमारी तथा इंटरमीडिएट कला टॉपर नंदिता हलपाल को सम्मानित किया गया समारोह में शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया हजारीबाग सांसद सह केंद्रीय वित्त सलाहकार समिति के सदस्य जयंत सिन्हा ने कहा है कि झारखंड मं कोरोना का ग्राफ गिर रहा है और अर्थव्यवस्था का ग्राफ बढ़ रहा है जमशेदप्र ब्लड बैंक धातकीडीह में आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया शिविर में पचास यूनिट रक्त संग्रह किया गया षिविर में कोविड को देखते हुए मास्क पहनकर और सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए सामाजिक दूरी का पालन किया गया

वह चतरा जिले के सदर थाना अंतर्गत बरैनी सिकिद गाँव का निवासी था इस संबंध में चतरा के पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा ने बताया कि माओवादी जोनल कमांडर की सक्रियता और उसकी पहचान पूर्व में चतरा जिले में अलग अलग नामों से थी वह गुलशन संतोष यादव उर्फ रवि जी के नाम से क्षेत्र में घमा करता था इसके बिरुद्ध चतरा जिले के विभिन्न थानों में तकरीबन एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं राज्य के अधिकतर जिलों में इस वर्ष मॉनसून अच्छी होने के कारण धान का पैदावार पिछले वर्ष की तुलना में बढा है धान का उत्पादन ज्यादा होने से किसानो में उत्साह है गढवा जिले में भी धान का उत्पादन इस वर्ष ज्यादा होने से किसानों में हर्ष है

नागपुरी भाषा के प्रसिद्ध गायक मध मंसुरी हंसमुख के गीर्तो ने झारखंड के आदिवासी आंदोलन को नई राह दिखाई झारखंड के लोगों के बीच उनर्क गीत खासे लोकप्रिय हैं उनके गीतों ने झारखण्ड क्षेत्र में सांस्कृतिक मशाल का काम किया है गांव छोड़ब नाहीं जंगल छोड़ब नहीं जैसे चर्चित गीत लिखने वाले मंध्य मंसूरी ने अपनी आवाज में इसे गाकर और भी मशहर कर दिया

वहीं नाट्य कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाने वाला रवि दवे स्मृति सम्मान देश के चर्चित नाटककार और फिल्म निर्देशक डॉ गौतम चटर्जी को दिया जाएगा इस वर्ष नीलांबर द्वारा राष्ट्रीय स्तर का यह कार्यक्रम चौदह से बीस दिसंबर के बीच ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है पाक्ड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र में दो अलग अलग सड़क द्र्घटना में सात लोग घायल हो गए महेशपुर पाकृड़िया मुख्य मार्ग पर सिलमपुर के पास ओटो और बाइक के सीधी टक्कर में चार लोग घायल हुए है वहीं पाक्ड़ जिले की पुलिस ने लूट छिनतई और डकैती की घटनाओं को अंजाम देने वाले कृख्यात अपराधी मनोज मुर्म को गिरफ्तार करने में सफलता पायी है पुलिस ने अपराधी के पास से एक देशी कट्टा भी बरामद किया है क्ख्यात अपराधी मनोज मुर्मू की गिरफ्तारी लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र को सलपतरा गांव से की गयी गिरफ्तार अपराधी के खिलाफ पाकुड़ जिले के हिरणपुर लिट्टीपाड़ा अमड़ापाड़ा पाकृड़िया के अलावे गोड्डा जिले के सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र में की गयी वारदातों को लेकर आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है इस संबंध में पाकुड़ के पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी के दौरान अपराधी पिछले दरवाजे से भागने लगा जिसे खदेड़कर पकड़ा गया दुमका जिले के शिकारीपाड़ा पत्थर औद्योगिक क्षेत्र में रंगदारी मांगने के आरोपी मुन्ना राय उर्फ लक्षमण राय को एसआइटी ने गिरफ्तार किया है वह पत्थर व्यवसाईयों को रंगदारी के लिए धमकी देता था और रंगदारी नहीं देने पर पत्थर कारोबारी मनोज भगत को गोली मार दी थी पुलिस ने उनके चार अन्य साथियों को भी गिरफतार किया है चतरा जिले के पत्थलगडा थाना क्षेत्र के सिंघानी गांव के गढ़तर टोला में आज एक बेकाबू वाहन ने घर के बाहर बैठे दो बुजूर्ग ग्रामीणों को रौंद डाला

घायलों को हजारीबाग अस्पताल ले जाने के कम में रास्ते में ही महिला की मौत हो गई